राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है

संविधान दिवस मनाने के लिए आज संसद के दोनों सदनों की संय्क्त बैठक ब्लाई गई इस अवसर पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने अपने सम्बोधन में कहा कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहल् है और नागरिकों को अधिकारों के बारे में सोचते समय कर्तव्यों के बारे में भी सोचना चाहिए उन्होंने कहा कि लोगों को अपने कर्तव्यों को निभाने की जरूरत है और इस तरह की परिस्थितियां बनानी चाहिए जिससे उनके अधिकारों का प्रभावी संरक्षण स्निश्चित हो

उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को विशेष महत्व दिया गया है और यहीं हमारे संविधान का एक विशेष पहलू है प्रधानमंत्री ने कहा कि हमे इस बारे में सोचना चाहिए कि संविधान में निहित कर्तव्यों को कैसे पूरा किया जा सकता है

इस बीच कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल संय्क्त बैठक में शामिल नहीं हये हालांकि समारोह में बहजन समाज पार्टी वाईएसआर कांग्रेस तेलगांना राष्ट्र समिति तेलग् देशम पार्टी और बीजू जनता दल सहित अन्य विपक्षी दलों के सदस्य उपस्थित रहे इसी बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने आज संविधान दिवस के अवसर पर भारत को बधाई दी हरियाणा विधानसभा द्वारा आज संविधान दिवस के मौके पर ब्लाये गये विशेष सत्र के दौरान सदन में संविधान पर चर्चा करवाई गई सत्र समाप्त होने से पहले सभी पार्टियों के वक्ताओं ने चर्चा में भाग लिय

संविधान के बारे में विस्तृत जानकारी देते हये श्री कंवरपाल ने कहा कि ये द्रनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसे लिखने में लगभग तीन वर्ष लगे उन्होंने कहा कि संविधान में कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की अच्दी तरह से तैयार की गई प्रस्तावना संविधान के दर्शन एक विस्तृत विवरण देती है संविधान मे कहा गया है कि भारत एक संप्रभु समाजसेवी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है

उन्होंने कहा कि संविधान में केन्द्र व राज्य के विवादों को तय करने की शक्ति के साथ साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी शामिल है कंवरपाल ने कहा है कि संविधान नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को बताता है और इसमें भारत की संप्रभुताएकता और अखंडता को बनाये रखने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करने सार्वजनिक संपति की रक्षा करने देश की समुदव विरासत को संरक्षित करने और पर्यावरण की रक्षा करने का संकल्प है उन्होंने भारत के संविधान को मार्गदर्शक व प्रकाश के रूप बताया चर्चा के दौरान किरण चौधरी में महाराष्ट्र का मामला उठाने की कोशिश की जिस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने उन्हें रोक दिया और संविधान पर ही बात करने को कहा इस पर कांग्रेस के सतापक्ष पर अपनी बात न रख्ने का आरोप लगाया और बाद में चर्चा के दौरान सभी पार्टियों के नेताओ ने संविधान पर अपनी राय भी रखी हरियाणा विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान आज विधायक श्री रणबीर गंगवा को सर्वसम्मति से हरियाणा विधानसभा का उपाध्यक्ष च्ना गया उपाध्यक्ष के च्नाव के उपरांत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चन्द ग्प्ता उप म्ख्यमंत्री श्री द्ष्यंत चौटाला तथा नेता प्रतिपक्ष भूपेन्द्र सिंह ह्ड्डा सहित अन्य सदस्यों ने भी रणबीर गंगवा को सर्वसम्मति से विधानसभा उपाध्यक्ष बनने पर बधाई एवं श्रभकामनाएं दी

विधेयक के प्रावधान किया गया है कि जो ग्रा पंचायतें अपने गांव में शराब का ठेका नहीं खोलना चाहती वे किसी भी वर्ष के अप्रैल महीनें के प्रथम दिन को आरंभ होने वाली और तीस सितम्बर को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय पंचों के दवारा संकल्प पारित कर सकती है कि शराब का ठेका ग्राम बहमत पंचायत के स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी जगह न खोला जाये विधेयक ने यह भी कहा कि अगर पारित किया गया संकल्प हरियाणा के कराधान आयुक्त के कार्यालय में तीस सितम्बर के बाद प्राप्त् होता है तो ये संकल्प बाद में आने वाले वर्ष की एक अप्रैल से लागू होगा इसके अलावा इस विधेयक में पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए अपने कार्य संपादन के लिए प्रतिवर्ष कम से कम छ बार अधिवेशन करना जरूरी किया गया तथा किन्हीं किन्ही दो उत्तरोतर अधिवशेनों के बीच मास से अधिक समय दिया जायेगा

हरियाणा विधानसभा में आज मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले हरियाणा के वीर शहीदों समेत राज्य की अन्य दिवंगत आत्माओं को आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई सदन के नेता व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पिछले सत्र के बार से इस सत्र के आरंभ तक दिवंगत हये हरियाणा के शहीदों तथा हरियाणा विधानसभा सदस्यों व पूर्व सदस्यों के निकट सम्बंधियों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद ग्रप्ता ने भी शोक प्रस्ताव पढ़े और सदन में दी गई श्रदधांजलि व शोक प्रस्तावों को शोक संतप्त परिवारों के पास पहंचाने का आश्वासन दिया

सदन ने अम्बाला शहर के सूबेदार कमलजीत सिंह जिला रोहतक के खरकड़ा गांव के हवलदार सोमदत और जिला चरखी दादरी गांव द्धवा के सिपाही अमनदीप सहित उन वीर सैनिकों का भी श्रदवाजंलि दी जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के अपने प्राण न्यौछावर किये आज हरियाणा में संविधान दिवस मनाया गया हरियाणा राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल के सचिव श्री विजय सिंह दहिया ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलवाई उधर करनाल जिला प्रशासन द्वारा लघ् सचिवालय के सभागार में संविधान दिवस के उपलक्ष में कार्यक्रम आयोजित किया गया रोहतक जिला प्रशासन ने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विदयालय में कार्यक्रम का आयोजन किया इस में रोहतक के उपायुक्त आरएस वर्मा ने संविधान की रक्षा व पालना की शपथ भी दिलवाई

श्री मोदी ने कहा कि उनहें इस बात का द्ख है कि आंतकवादी ताकतों ने इस दिन भारत क्ट्म्बकम वस्धैव की भावन पर हमला किया इस बीच अमेरिका के विदेश विभाग के प्रव्क्ता मोरगन ओर्टगस ने एक टिवीट में कहा कि जो घिनोने ज्र्म के लिए जिम्मेदार है उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए ग़ह एवं स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने राज्य के नागरिकों को बिजली पानी सड़क जल निकासी तथा सफाई सहित पांच मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनवाने के निर्देश दिये है

फतेहाबाद के गांव ख्नन के पास लकडियों से भरी ट्रैक्टर ट्राली और मोटर साईकिल के बीच हई टक्कर में बाइक सवार तीन य्वकों की मौत हो गई